उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों पर अभी कोई रोक नहीं लगाई गई है लेकिन होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महामारी से बचाव को लेकर जारी एसओपी का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए गए हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक पर्यटकों को प्रदेश में प्रवेश करने से रोकने का कोई विचार नहीं है

उन्होंने कहा कि इन भवनों का निर्माण कोरोना काल में ही पूरा किया गया है

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के गंज बाजार में ओपन जिम के शुभारम्भ अवसर पर ये बात कही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में शहर के जिस वार्ड में स्थान उपलब्ध होगा वहां जिम का निर्माण शुरू किया जाएगा सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहर के विकास में स्थानीय लोग व पार्षद एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और इस मामले में कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाता एमओयू अंतर्राज्यीय आवाजाही व परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल और उत्तर प्रदेश के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया हिमाचल परिवहन विभाग के प्रधान सचिव केके पंत और उत्तर प्रदेश में प्रधान सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इस समझौते से दोनों राज्यों के बीच सामाजिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी और दोनों राज्यों के बीच और अधिक बस रूट चलाए जाएंगे इस अवसर पर राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव घनश्याम चंद भी मौजूद रहे

सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गम्भीर बीमारी की शर्त को हटा दिया है

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी यदि किसी व्यक्ति ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी अनुराग ठाकुर इस बीच केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई उन्होंने दिल्ली स्थित संसद के एनैक्सी भवन में ये टीका लगवाया

उन्होंने देशवासियों को कोविड से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध भी किया कांग्रे स शिमला शहरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और ऐसे कार्यों में संलिप्त लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला में भाजपा पार्षद ने झूठा शपथ पत्र देकर न्याय व्यवस्था की अवमानना की है जबकि सरकार द्वारा उन्हें पूरा संरक्षण दिया गया है उन्होंने कहा कि सरकार आरटीआई में भी गलत और झूठी सूचनाएं दे रही है